देहरादून के परेड ग्राउण्ड से नदियों के पुनर्जीविकरण के लिए आयोजित मैराथन को किया रवाना

देहरादून में आज अफगानिस्तान और बांग्लादेश की टीम के बीच होगा मुकाबला

कहा प्रदेश सरकार स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बना रही है चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी जारी

रवाना प्रदेश की नदियों को पुनर्जीवित करने के उददेश्य से एक संस्था द्वारा आयोजित हॉफ मैराथन को मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आज देहरादून के परेड़ ग्राउण्ड से हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण और संवर्द्धन की दिशा में हम सबको मिलकर प्रयास करने होंगे उन्होंने जोर देते हए कहा कि युवाओं को नदियों के पुनर्जीवीकरण के लिए आगे आना होगा उन्होंने बताया कि जन सहयोग से हरेला पर्व के अवसर पर देहरादून की रिस्पना और अल्मोड़ा की कोसी नदी के किनारे साढ़े तीन लाख पौधे लगाये जायेंगे श्री रावत ने कहा कि नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए स्थानीय जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है उन्होंने कहा कि समूचे देहरादून में पूर्ण ग्रेविटि का पानी उपलब्ध कराने के लिए अगले वर्ष तक सौंग बांध की नीव रखी जायेगी मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार पारिस्थतिकी पर्यावरण सरक्षण जल संरक्षण नदियों के पूनर्जीवीकरण और स्थानीय उत्पादों पर आधारित स्वरोजगार विकसित करने पर विशेष ध्यान दे रही है

राज्य गठन के बाद यह पहला मौका हैं जब प्रदेश के किसी स्टेड़ियम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच का आयोजन किया जा रहा है

पहले अंतरराष्ट्रीय मैच को लेकर दर्शकों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकटों की जमकर बिक्री हई है मैच को देखने के लिए अफगानिस्तान और बांग्लादेश के दर्शक भी देहरादून पहंचे हैं मैच के दौरान मौसम साफ बने रहने की संभावना है होम स्टे प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन रोकने और स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार की अतिथि गृह आवास योजना होम स्टे ने मूर्त रूप लेना शुरू कर दिया है इस योजना के तहत सरकार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पूराने पहाड़ी घरों की मरम्मत साफ सफाई और विस्तार करने के लिए बैंक से सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध करा रही है वहीं चम्पावत जिले में होम स्टे योजना का लाभ उठाने के लिए कई लोग आगे आए हैं यहां प्राचीन भवनों की भरमार है जिन्हें धीरे धीरे होम स्टे योजना के तहत नया रूप दिया जा रहा है योजना से जुड़ी खास बात यह है कि इसमें भवन स्वामी को जीएसटी बिजली और पानी के बिल में भी छूट दी जाएगी इसके अलावा पर्यटन विभाग की ओर से मार्केटिंग में भी मदद की जाएगी इस योजना से पर्यटन के साथ स्थानीय लोगों को जहां रोजगार मिलेगा वहीं पलायन पर भी रोक लगेगी

खाद्य नियंत्रक बोर्ड के अनुसार प्रत्येक जिले में ये सुनिश्चित किया गया है कि आपदा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र के गोदामों में सबसे पहले खाद्य रेसद पहंचाई जाए श्रेष्ठ प्रदर्शन संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि भारत ने प्लास्टिक प्रदर्शण से निपटने के लिए श्रेष्ड प्रक्रियाओं और नवाचार के प्रदर्शन से विश्व मंच पर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है पांच जुन को होने वाले विश्व पर्यावरण दिवस से पहले कल नई दिल्ली में संयक्त राष्ट्र कार्यक्रम के संचार और जन सुचना प्रभाग के निदेशक नायसन साबा ने बताया कि भारत पर्यावरण प्रद्षण से संबंधित मुद्दों के समाधान में बहत सक्रियता से काम कर रहा है उन्होंने प्लास्टिक प्रदृषण की चुनौती से निपटने की भारत की वचनबद्धता की सराहना की

उन्होंने कहा कि राज्य के विकास में मातशक्ति का विशेष योगदान है रूद्रपुर में महिलाओं में वित्तीय साक्षरता और सशक्तीकरण के लिए आयोजित कार्याशाला में श्री पंत ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भ्रमिका निभा रही है वित्त मंत्री ने कहा कि सभी महिलाओं को अपने अधिकार और कर्तव्य की जानकारी होनी चाहिए

चारधाम यात्रा चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्वालुओं की संख्या में लगातार इज़ाफा हो रहा है

आंकड़ों के मुताबिक बदरीनाथ धाम में साढ़े चार लाख से ज्यादा श्रद्वालुओं ने बद्री विशाल के दर्शन किए हैं जबकि केदारनाथ में दर्शन के लिए आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या पांच लाख को पार कर च्रकी है

प्रशासन द्वारा इस बार तीर्थयात्रा के लिए व्यापक इंतेजाम किए गए हैं गौरतलब है कि इस बार तीर्थयात्रा के प्रति श्रेद्वालुओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है और पिछले सालों की तुलना में इस अवधि तक रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धाल चारधाम दर्शन के लिए पहंचे हैं बड़ी संख्या में देश विदेश और अन्य राज्यों से श्रद्वालुओं के उत्तराखण्ड पहुंचने से चारधाम सुरक्षित यात्रा का संदेश भी देश द्निया में पहुंचा है

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् ने आज सुबह नई दिल्ली में साइकिल चालन कार्यक्रम में भाग लेने वालों को झंडी दिखाकर रवाना किया

इस अवसर पर श्री नायड ने कहा कि अब समय आ गया है जब सभी शहरों और नगरीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर साइकिल के इस्तेमाल को प्रोत्साहन दिया जाए

इसका उद्देश्य साइकिल के इस्तेमाल को परिवहन के रूप में बढ़ाने से होने वाले विभिन्न फायदों के बारे में जागरूकता फैलाना है विश्व साइकिल दिवस ने दुनिया के सभी देशों को साइकिल सवारों के लिए सड़क सुरक्षा बेहतर करने के लिए प्रेरित किया है मॉनसून अलर्ट आगामी मॉनसुन सीजन को देखते हए नैनीताल जिला प्रशासन ने आपदा से निपटने की पूरी तैयारी कर ली है

इसके अलावा सरकारी मशीनरी को भी बरसात के दौरान त्वरित कार्रवाई के लिए मुस्तैद रहने को कहा गया है

उन्होंने कहा कि मॉनसून को देखते हुए चिन्हित किये गए लैंडस्लाइड जोन के पास मलबा हटाने वाली मशीन और आपदा टीम हमेशा तैनात रहेंगी भूस्खलन होने पर तुरंत सड़कों से मलबा हटाकर यातायात को सुचारू किया जायेगा साथ ही आपदा को लेकर वाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जिसेमें सभी अधिकारियों को जोड़ा गया है

उत्तरकाशी जिले में दपहिया वाहनों में बिना हेल्मेट आवाजाही करने वालों के विरूद्व कार्रवाई की जाएगी

अगले कुछ दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है इसके चलते प्रदेश का मौसम सुहावना बना रहेगा मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में मौसम में विशेष परिवर्तन से इंकार किया है प्रदेश की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं और सुरक्षा को लेकर देहरादून में एक सेमिनार का आयोजन किया गया

उन्होंने राज्य से जुड़ी सीमाओं पर चौकसी बढ़ाए जाने पर जोर दिया